प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रति वचनबद्ध सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन अभियान की घोषणा की प्रदेश में भी स्वतंत्रता दिवस की रही धूम विधान भवन प्रांगण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजभवन परिसर में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी पच्चीस अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से साझा करेंगे अपने विचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया प्रघानमंत्री ने कहा कि सरकार गठन के दस सप्ताह के भीतर ही सरकार ने लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने का काम किया है अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और अनुच्छेद पैंतीस ए हटाकर सरदार वल्लभभाई पटेल के सपनों को साकार करने में अहम कदम उठाया गया श्री मोदी ने कहा कि सत्तर वर्ष में जो कार्य नहीं किये जा सके वह हमारी सरकार ने सत्तर दिन के भीतर पूरे किये जो काम पिछले सत्तर साल में नहीं हुआ

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने प्रयास किये लेकिन इच्छित प्रयास नहीं किए गये प्रधानमंत्री ने आह्यान किया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सपनों को साकार करना हम सबकी जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश की समृद्धि के लिये प्रेरक बन सकते हैं पेयजल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर आगे बढ़ेगे इसके लिए केन्द्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेगे और आने वाले वर्षों में साढ़े तीन लाख करोड़ रूपये से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प लिया है नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार ने सौ लाख करोड़ रुपये आधुनिक बुनियादी ढांचे पर लगाने का फैसला किया है इस निर्णय से रोज़गार सूजन को भी बल मिलेगा किसानों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के जरिये उनके खाते में नब्बे हजार करोड़ रुपये देने का काम सफलतापूर्वक बढ़ा है देश की अर्थव्यवस्था का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आह्वान किया कि एक सौ तीस करोड़ देशवासी अगर एक साथ चल पड़ें तो पांच ट्रिलियन इकॉनमी का मुश्किल काम जरूर संभव होगा शांति और सुरक्षा को विकास का अनिवार्य पहलू बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि असुरक्षा से घिरी आज की दुनिया में विश्व शांति के लिए भारत को अपनी भूमिका निभानी होगी राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तीनों जनपदों में गठित होने वाली महिला वाहिनियों के लिए तीन हजार सात सौ छियासी पदों के सुजन का निर्णय लिया गया है एक महिला वाहिनी के लिए कुल एक हजार दो सौ बासठ पद सुजित किये जाने है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रत्येक महिला बटालियन में एक सेनानायक दो उप सेनानायक नौ सहायक सेनानायक और निनयान्नबे निरीक्षक और उप निरीक्षक एवं आठ सौ बयासी आरक्षी पदों के अलावा अन्य कर्मचारी तैनात किये जायेंगे प्रदेश में भी कल स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मुख्य कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में विधानसभा भवन के प्रांगण में आयोजित किया गया जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वाधीनता सेनानियों और वीर शहीदों को नमन करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर की श्री योगी ने प्रदेशवासियों से देश की समृद्वि और समग्र विकास के लिए पूरी तन्मयता से योगदान करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि प्रदेश की धरती से ही अट्टारह सौ सत्तावन में आज़ादी का पहला संग्राम शुरू हुआ था मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की अवधारणा को वास्तविक अर्थो में मूर्त रूप दे रही है उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं उधर राजभवन परिसर में प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने झंडारोहण किया ध्वजारोहरण के बाद राज्यपाल ने पुलिस बल की टुकड़ी की सलामी ली इस अवसर पर श्रीमती पटेल ने अधिकारियों कर्मचारियों और बच्चों को मिठाई बांटी स्वतंत्रता दिवस की तिहत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया क्शीनगर में युवाओं ने जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकालीं और सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया सुलतानपुर जिले में विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के साथ साथ मदरसों में भी आज़ादी का जश्न हर्षोल्लास के साथ मनाया गया नगर के खैराबाद स्थित जामिया इस्लामिया मदरसे में ध्वजारोहण के साथ साथ राष्ट्र भक्ति के कार्यक्रम भी आयोजित किये गये इस मौके पर मदरसे के छात्रों ने जंगे आज़ादी के इतिहास पर प्रकाश डाला बरेली में केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने अर्बन कोआपरेटिव बैंक और भाजपा कार्यालय पर झंडारोहण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश श्री मोदी के प्रभावी नेतृत्व में विकास की ओर तेज़ी से अग्रसर है उन्होंने कहा कि सरकार ने दो माह के अंदर धारा तीन सौ सत्तर को हटाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं गोरखपूर कानपूर मेरठ आगरा कन्नौज जौनपूर मऊ और बाराबंकी सहित विभिन्न जिलों में प्रभात फेरियां तिरंगा यात्रा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किये गये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद तिहत्तर कैदियों को जो अपनी सजा काट चुके हैं लेकिन आर्थिक दंड अदा न करने की वजह से छोड़ा नहीं जा सका था उन्हें कल रिहा कर दिया गया इस दौरान लखनऊ के दारूलशफ़ा प्रांगण में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में देश के शहीदों को याद किया गया कार्यक्रम के आयोजक और भाजपा के विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार शहीदों के परिजनों की हरसंभव मदद कर रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की पच्चीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे मन की बात सवेरे ग्यारह बजे से प्रसारित किया जाएगा प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में मन की बात कार्यक्रम की यह तीसरी कड़ी होगी

इस मौके पर बहने भाईयों की कलाई पर राखियां बांधी और उनकी खुराहाली स्वास्थ्य और कल्याण की कामना कीं भाईयों ने अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लिए और उन्हें उपहार दिए एटा ज़िला कारागार में लगभग एक हजार बहनों ने अपने अपने भाईयों और अन्य कैदियों को राखियां बांधी और उनकी शीघ्र रिहाई की कामना की रक्षा सूत्र बांधने वाली बहनों में हिन्द्र मुस्लिम और अन्य धर्मो की महिलाएं शामिल थीं इस अवसर पर जेल प्रशासन ने विशेष प्रदंध किये थे राज्य सरकार के निर्देश पर जेलों में निरूद्व लोगों से बहनों की मुलाकात कल निःशुल्क करायी गयी मुलाकात की मद में लिये जाने वाला शुल्क माफ होने से बहनों को ख़ासी राहत मिली अमरोहा में गुरूकुल महाविद्यालय चोटीपुरा की बहनों और छात्राओं ने पूर्व सैनिकों को राखी बांधी वहीं कन्नौज में रक्षाबंधन की धूम के बीच पुलिस अधिकारियों ने रक्षा सूत्र बंधवा कर बहनों की हिफाज़त का वचन दिया इस दौरान ज़िले में लोगों ने प्रातः गंगा स्थान कर ऐतिहासिक शिवालयों में भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की